उन्होंने न्यायाधीशों अधिवक्ताओं और न्यायालय के अधिकारियों सहित कानूनी पेशे से जुड़े सभी लोगों से कानून के शासन की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने का आहवान किया राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि जैसे जैसे राष्ट्र विकसित हो रहा है कानूनी क्षेत्र में भी भारी बदलाव आ रहा है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली शुरू करने पर जोर दिया है जो शोषितों और बेसहारा लोगों के लिए हो वे आज मैसूरू के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में डॉ राधाकृष्णन सभागार की आधारशिला रखने के बाद छात्रो को संबोधित कर रहे थे उपराष्ट्रपति ने कहा कि नैतिकता विरासत संस्कृति परंपरा हमारी शिक्षा प्रणाली का आधार बनना चाहिए ताकि छात्रों को प्रकृति समाज लैंगिक समानता और मातृभूमि के बारे में बताया जा सके नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में आज से दो दिवसीय स्वच्छता अभियान की शुरूआत हुई

इसके अलावा कई सांसदों और संसद भवन के कर्मचारियों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया स्वच्छता अभियान की श्रुआत करने से पहले केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर स्वच्छता का संकल्प लिया इस अवसर पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रत्येक सांसद देश के हरेक गांव और शहर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है बापू जी के एक सौ पचासीवीं जयंती पर हम सब लोकसभा के सांसद जो एक सौ तीस करोड़ जनता का जनप्रतिनिधित्व करते हैं इस संकल्प जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी आहवान किया था लाल किले से कि इस देश को हर गांव को शहर को स्वच्छ बनाना है ये संकल्प हमारा है इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष की स्वच्छता के लिए की गई पहल की सराहना की उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम अब आंदोलन बन चुका है जहां पर स्वच्छता अभियान का प्रश्न है भारत में एक जनांदोलन बन चुका है और जन सामान्य के अंदर स्वच्छता को लेकर एक जागरूकता पैदा हुई है स्वच्छता से क्या क्या लाभ होते हैं पर्यावरण का कैसे शुद्धिकरण होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से इसके क्या लाभ हैं

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि हाल के दिनों में युद्ध के परिदृश्य बदलने के साथ भारतीय सेना को संभावित संघर्षों के लिए तैयार रहना चाहिए उन्होंने कहा कि करगिल के बीस वर्ष बाद भी युद्ध की प्रकृति वैसी ही है लेकिन इसका आचरण बदल गया है क्योंकि उभरती हुई नई प्रौद्योगिकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं जनरल रावत आज नई दिल्ली में सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे जनरल रावत ने कहा भारतीय सेना अपनी क्षेत्रीय संप्रभूता को सुरक्षित रखने के लिए द्रढ़ता से तैयार रहती है और इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि किसी भी गलत हरकत को बदश्त नहीं किया जाएगा और उसका उचित जवाब दिया जाएगा समारोह से इतर संवाददाताओं के प्रश्नों के उत्तर में जनरल रावत ने कहा कि लद्दाख के डेमचोक क्षेत्र में चीनी सेना ने घूसपैठ नहीं की है

भारत और चीन के बीच सीमा विवादित हैं और दो हजार सत्रह में दोनों देशों की सेना डोकलाम क्षेत्र में तिहत्तर दिनों तक आमने सामने थी प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार वर्शा के कारण कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है कई क्षेत्रों में जल भराव होने के कारण लोगों को आवागमन में बेहद परेषानी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी से बहत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है